आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या उसने फोन टेपिंग की या नहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता दावा कर रहे हैं कि ऑडियो टेप असली है जबकि एफआईआर में इसको लेकर कयास ये लगाए गए हैं उन्होंने राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठकराया है इस बीच आज दोपहर नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारों और सुझावों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रकिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे

आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि ये नीतिगत मामले हैं और इसका निर्णय न्यायालय नहीं कर सकता शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता से इस प्रस्ताव के बारे में सरकार से संपर्क करने को कहा है

प्रदेशभर में लोक अदालतों के लिए प्रकरण चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर इस बार ऑनलाइन लोक अदालतों का आयोजन होगा ब्रंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस बार लोक अदालत में पक्षकारो को उनके सोशल मीडिया नंबर ईमेल आईडी पर ऑनलाइन नोटिस भेजा जा रहा है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सिरोही शाखा ने जालौर जिले में एक सहायक लेखाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है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

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें